सभी जिलाधिकारियों से पूछा पाबंदी के बावजूद कैसे पहुंच रही है शराब

मार्च महीने तक सत्यापन नहीं कराने वालों की पेंशन हो जायेगी बंद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से रूक रूक कर हो रही है बारिश

पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर कड़ी नाराजगी जताते हये कहा है कि पूलिस और उत्पाद विभाग की मिलीभगत के बिना राज्य में शराब आना सम्भव नहीं है न्यायमूर्ति डॉक्टर एके उपाध्याय की एकल पीठ ने शराब की खेप के साथ पकड़े गये लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की न्यायालय ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की है लेकिन जिस प्रकार शराब बरामद हो रही है उससे लगता है कि यह कानून सिर्फ दिखावा है न्यायालय ने सभी जिलाधिकारियों से पूछा है कि शराब की तस्करी के मामले में कितने कर्मियों के खिलाफ विभागीय और शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई की गयी है एकल पीठ ने जिलाधिकारियों से तेरह फरवरी तक अपने स्तर से इस बिंदु पर जवाब देने को कहा है मामले की अगली सुनवाई चौदह फरवरी को होगी पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस को वाहनों की ओवर लोडिंग की जांच का अधिकार नहीं है यह जिम्मेदारी परिवहन विभाग के अधिकारियों की है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार स्टेट ट्रक ऑनर एसोसिएशन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश सुनाया

न्यायमूर्ति अरूण मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि किसी आरोपी को अगर समन किया जाता है तो उसकी अग्रिम जमानत खत्म नहीं हो जाती है कई मामलों में यह ट्रायल खत्म होने तक भी जारी रह सकती है राज्य सरकार ने सभी तरह के पेंशनधारियों के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक दिलीप कुमार कामत ने बताया कि मार्च महीने तक सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन मिलनी बंद हो जायेगी उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रखंड कार्यालयों में निःशुल्क सत्यापन की व्यवस्था की गयी है साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर पर पांच रूपये का शुल्क अदा कर भी सत्यापन करवाया जा सकता है सत्यापन के आवेदन के साथ दो पासपोर्ट साईज फोटो मतदाता पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति और आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण देना होगा प्रदेश के कुष्ठ पीड़ितों को तीन हजार रूपये मासिक पेंशन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कुष्ठ रोग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार पांडेय ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में ऐसे मरीजों के परिजनों को भी तीन सौ रूपये मासिक पेंशन देने की मांग की गयी है अभी कुष्ठ रोगियों को डेढ़ हजार रूपये मासिक पेंशन मिलती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के पात्र लाभार्थियों के इलाज से संबंधित आवेदनों का निपटारा अब सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे होगा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है अब तक इन आवेदनों का निपटारा सिर्फ दिन में होता था वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम हेत्थ ब्रुक का उपयोग कर आयुष्मान भारत से जुड़े किसी भी अस्पताल में लाभार्थी पांच लाख रूपये तक के निःशुल्क इलाज का लाभ ले सकते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार ने यह जानकारी दी पटना में पिछले दो दिनों से कौओं की लगातार हो रही मौत के बाद पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजित कुमार ने बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हये राज्यभर से पक्षियों के सात सौ बानवे सैम्पल एकत्र कर जांच के लिए कोलकाता स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है कृतज्ञ राष्ट्र आज महात्मा गांधी की बहत्तरवीं पूण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है वर्ष उन्नीस सौ अड़तालीस में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है वहीं प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है माघ महीने के पांचवे दिन मनाया जाने वाला यह पर्व वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है सरस्वती पूजा को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं के बीच काफी उल्लास का माहौल देखा जा रहा है कई जगहों पर पंडालों में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर प्रजा अर्चना की जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से रूक रूक कर हल्की बारिश हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि अभी भी प्रदेश के ऊपर चक्रवाती दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश की सम्भावना बनी हई है इस दौरान तेज हवा चलने का भी पूर्वान्रमान व्यक्त किया गया है विभाग ने कहा है कि हवा के रूख में बदलाव आने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है जिससे लोगों ठंड से मामूली राहत मिली है आज रात से तापमान में और बढ़ोतरी होने की सम्भावना है प्रदेश में अब परिवहन विभाग का अपना अलग कैडर होगा राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार परिवहन सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नियमावली के प्रभावी होने के बाद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी और समकक्ष स्तर के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जायेगी खुफिया राजस्व निदेशालय डीआरआई ने पटना के बिहटा थाना क्षेत्र से एक ट्रक से बारह क्विंटल गांजा की खेप बरामद की है बरामद गांजे का बाजार मूल्य लगभग पौने दो करोड़ रूपये बताया जाता है

बांका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी मणिकांत दास को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है वैशाली जिले के कुख्यात अपराधी पंकज ठाकुर को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है उस पर बैंक लूट समेत पन्द्रह से अधिक मामले दर्ज है पूर्णियां जिले के बायसी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से तीन हजार छह सौ इकतीस लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पूर्वी चम्पारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र अन्तर्गत कोईरिया टोला से कस्टम विभाग और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में दुर्लभ जानवरों की हड्डियां बरामद की है रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में बिहार की टीम ने मेघालय पर तीन सौ अट्ठासी रनों की बढ़त बना ली है मैच के कल तीसरे दिन बिहार की टीम ने दूसरी पारी में चार विकेट पर तीन सौ उनसठ रन बना लिये थे यशस्वी एक सौ पचास और रहमतुल्लाह एक सौ पांच रनों पर नाबाद रहे बिहार ने अपनी पहली पारी में दो सौ आठ जबकि मेघालय ने एक सौ उनासी रन बनाये थे पटना के ऊर्जा स्टेडियम में कल से शुरू हुये सीके नायडू अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने नगालैंड के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने पर एक विकेट पर तीन सौ ग्यारह रन बना लिये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज से सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है पीके पवन जदयू से निकाले गये दैनिक जागरण की सुर्खी है शरजील से की जायेगी जेएनयू और जामिया हिंसा मामले में पूछताछ दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हये लिखा है वैशाली में बनेगा संग्रहालय उसमें रखा जायेगा बुद्ध का अस्थि कलश प्रभात खबर की सुर्खी है नियम बदला अब चौबीस सप्ताह तक गर्भपात राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है निर्भया दुष्कर्म मामले में अब विनय ने दायर की दया याचिका आज की सूर्खी है मध्याहन भोजन में बच्चों को मिलेगा दूध

सभी जिलाधिकारियों से पूछा पाबंदी के बावजूद कैसे पहुंच रही है शराब

मार्च महीने तक सत्यापन नहीं कराने वालों की पेंशन हो जायेगी बंद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से रूक रूक कर हो रही है बारिश